राजधानी लखनऊ में पांच दिवसीय तेईसवां राष्ट्रीय युवा महोत्सव शुरू

पार्टी नेता रैलियों पदयात्राओं के माध्यम से लोगों को कर रहे कानून के प्रति जागरूक मौसम विभाग ने इस सप्ताह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की सम्भावना जताई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे उपजे विवाद से विश्व को पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में पता चल गया है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक आस्था के कारण जिनका उत्पीड़न हआ वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं जिन पर बटवारे के बाद बने पाकिस्तान में उनकी धार्मिक आस्था की वजह से अत्याचार हआ जुल्म हआ इसके अलावा आज भी किसी भी धर्म का व्यक्ति भागवान में मानता हो ना मानता हो जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है भारत की नागरिकता ले सकता है प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर युवाओं के एक वर्ग को गुमराह किये जाने की आलोचना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी की नागरिकता लेना नहीं बल्कि नागरिकता देना है प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद की जयंती के अक्सर पर पश्चिम बंगाल में रामक्रष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में कल एक सभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस कानून का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून में संशोधन कर नागरिकता देने का दायरा बढ़ाया गया है कोलकाता पत्तन न्यास के एक सौ पचासवें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन करने की घोषणा की श्री मोदी ने छह सौ करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एकीकृत परिवहन नीति के माध्यम से अंदरूनी जलमार्ग संपर्क बढ़ाने की योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि देश में जल आधारित पर्यटन का विस्तार किया जा रहा है देश के इस पहले आधानिक इनलैंड वाटर वे को पूरी तरह से तैयार करने के लिए तेजी से काम चल रहा है

स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर लखनऊ में आयोजित युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से देश के युवाओं से अपील की कि वे दो हजार बीस में स्थानीय उत्पादों को ही खरीदने का प्रयास करें ताकि देशवासियों की मदद की जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा के चलते ही सरकार संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त करने नागरिकता संशोधन कानून पारित करने और राम मन्दिर के मुद्दे जैसे बड़े फैसले ले सकी श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं ने अपने सपनों को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप गढ़ा है और इसी के कारण वे विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए ऐप बनाने नए उद्यम शुरू करने तथा दूसरो को रोजगार देने जैसे काम कर रहे हैं पांच दिवसीय तेईसवें राष्ट्रीय यवा महोत्सव का उदघाटन करते हए केन्द्रीय यवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अनेकता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है उन्होंने कहा कि देश में सभी सम्प्रदाय भाषा खानपान और रहन सहन अलग अलग हैं लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रश्न पर पूरा राष्ट्र एक हो जाता है श्री योगी ने तेईसवें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को मिनी कुंभ कहा उन्होंने कहा कि यह आयोजन करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा देगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि उदघाटन समारोह से पहले कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले समी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सांस्क तिक दल ने मार्च पास्ट में अपने अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को पेश किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर स्वामी विवेकानन्द की एक भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया देशभर के विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा इसमें देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक भाग ले रहे हैं श्री मोदी इस दौरान परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए छात्रों के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे हिमाचल प्रदेश के आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र आयुष भगोत्रा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है मेरा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री अगर छात्रों के साथ हों तो उनका मनोवल ऊंचा होगा और साथ ही उन्हें तनाव से मुक्त होने की प्रेरणा मिलेगी और यह कार्यक्रम उनके लिए संजीवनी का कार्य करेगी ओमान के सुल्तान क़ाबूस बिन सैद अल सैद के निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है राज्य भर में सरकारी कार्यालयों और भवनों पर फहराया जाने वाला राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में आज आयोजित होने वाले सभी राजकीय समारोह भी स्थगित रहेंगे गोरखपुर में आयोजित तीन दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आज होने वाला समापन समारोह भी अग्रिम आदेश तक के लिए टाल दिया गया है केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में किसी की नागरिकता छीनने की नहीं बल्कि देने की व्यवस्था है श्री अमित शाह ने कल जबलपुर में एक जनसभा में कहा कि देश के अल्पसंख्यकों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि वे नागरिकता संशोधन कानून का कोई ऐसा प्रावधान बताएं जिसमें किसी की नागरिकता छीनने की व्यवस्था है मैं यहां से चेलेन्ज देता हूं ममता बेनर्जी और राहल बाबा को सीटीजनशिप अमेंडमेट एक्ट में कहीं पर भी किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान है तो बता दिजिए इसमें कहीं पर भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है नागरिकता देने का प्रावधान है श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा के हाल में जारी किये गये फोन नम्बर पर मिस्ड कॉल देने की बात भी कही नागरिकता संशोधन कानून पर समर्थन जुटाने के लिए भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगों के बीच जाकर उन्हें कानून के वास्तविक तथ्यों से अवगत करा रहे हैं प्रदेश भर में रैलियां पद यात्राएं और जन सभाओं का आयोजन किया जा रहा है इसी क्रम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया कल हापुड़ में नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को तथ्यों से अवगत कराने के लिए भाजपा के जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए उन्होंने पदयात्रा कर लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया अलीगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पड़ोसी देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए लाया गया है इससे किसी भारतीय नागरिक को कोई नुकसान नहीं होगा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर देश में भ्रम फैलाने और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है श्री शर्मा ने कल लखनऊ में पत्रकारों से कहा कि देश के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे नागरिकता कानून के समर्थन में है उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को मोहरा नहीं बनाना चाहिए श्री शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान से प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना भारत सरकार का नैतिक दायित्व है इससे पूर्व श्री शर्मा ने कानून के प्रति जागरूकता के लिए एक सभा को भी संबोधित किया महोबा में लोक जागरण मंच के तत्वाक्धान में तिरंगा यात्रा निकालकर नागरिकता कानून के प्रति समर्थन जुटाया गया वहीं प्रदेश के कानपुर मेरठ अमरोहा सम्भल हमीरपुर में भी कानून के प्रति समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के बाद राज्य में चल रही सर्द हवाओं ने फिर से ठिदुरन बढ़ा दी है कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गयी मिर्जापुर में न्यूनतम तापमान तीन दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और बहराइच में तीन दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावना जतायी है विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोम के सक्रिय होने के कारण आज से राज्य के पश्चिमी अंचलों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है